प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमरीका की सात दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे इस दौरान वे ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क जाएंगे

इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अलावा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सिंगापुर बंगलादेश और जमैका के प्रधानमंत्री सहित कई देशों के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी के साथ होंगे यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के जरिए स्वच्छता क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा हाउडी मोदी कार्यक्रम के आयोजक टेक्सास इंडिया फोरम ने कहा है कि इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अगाध प्रेम और लगाव तथा भारत को तेज विकास पथ पर अग्रसर करन की उनकी क्षमता दो महत्वपूर्ण कारक रहे हैं कार्यक्रम के प्रवक्ता गीतेश देसाई ने ह्यूस्टन में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ये विचार व्यक्त किए जब से इस हाउडी मोदी इवेंट की घोषणा हुई उस दिन से ही माहौल बदल गया पूरे इंडियन अगरीकन कम्युनिटी में हमारे समाज के अंदर

नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की बहुत ही लोक प्रियता भारतीय समाज के लोग जो यहां बसे हुए हैं उनमें है और उसके कारण इतना उत्साह भरा पड़ा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राम मंदिर पर विरोधाभासी बयान देने वाले गैर जिम्मेदार लोगों से देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखने का अनुरोध किया है कल नासिक में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को देश के संविधान और उच्चतम न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए देश के सभी नागरिकों का भारत की सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान बहुत आवश्यक होता है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो सब पक्ष अपनी बात रख रहे हों सुप्रीम कोर्ट लगातार समय निकाल करके बातों को सुन रही हो तो मैं हैरान हूँ ये बयान बहादुर कहां से टपक गये क्यों पूरे मामले में अड़ंगे डाल रहे हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए हमारा बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस पर भरोसा होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई पूरा करने के लिए देर तक न्यायालय की कार्रवाई चलाने के लिए सहमत हो गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर के युवाओं के सपने और आकांक्षाए पूरी की जायेंगी जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को समग्रता से लागू करना सिर्फ एक सरकार का फैसला नही है एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की इच्छा का प्रगटीकरण है यह फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को हिंसा के आतंक के अलगाव के भ्रष्टाचार के कुचक्र से निकालने के लिए है यह फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षा उनके सपनों को पूर्ति का भी माध्यम बनने वाला है उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला किया कि राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवादित भूमि के मामले की सुनवाई अगले सोमवार से एक घंटा प्रतिदिन बढ़ाई जाएगी

हम घरेलू कंपनियों और नई घरेलू मैन्यूफैक्वरिंग कंपनियों के कॉरपोरेट टैक्स दरों को घटाने का प्रस्ताव करते हैं टैक्सेशन में और वित्तीय राहत के उपाय भी किये जायेंगे

साथ ही ऐसी कम्पनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर भी नहीं देना होगा

वित्तमंत्री ने निगमित सामाजिक दायित्व पर दो प्रतिशत व्यय को बढ़ाने की भी घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निगमित करों में कटौती के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस फैसले से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वित्तमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन घोषणाओं से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है यहां ऐतिहासिक धरोहरें धार्मिक स्थल और अभ्यारण्य पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित करते हैं सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कार्य कर रही है इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सूजन किया जा सकता है

उन्होंने कहा कि पूर्व में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिये गंभीरता पूर्वक कोई प्रयास नहीं किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तीर्थाटन और पर्यटन को नये कलेवर में प्रस्तुत करना होगा तभी पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को दुष्कर्म के एक मामले में आज सुबह विशेष जांच दल और स्थानीय पुलिस ने शाहंजहापुर जिले में गिरफ्तार कर लिया

न्यायालय में पेश करने से पहले चिन्मयानंद का मेडिकल चेक अप भी कराया गया विधि पाठ्यक्रम की एक छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म और उत्पीडन का आरोप लगाया है न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल मामले की जांच कर रहा है कल पीडिता ने धमकी दी थी कि अगर चिन्मयानंद को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह आत्मदाह कर लेगी पीड़िता के मित्र संजय सिंह और उसके दो साथियों को भी चार दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया उन पर स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर धन मांगने का आरोप है एसआईटी प्रमुख नवीन अरोड़ा ने शाहजहांपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि चिन्मयानंद ने पूछताछ के दौरान छात्रा के साथ अश्लील बात करना स्वीकार किया है श्री अरोड़ा ने कहा कि उनकी स्वीकारोक्ति के बाद एसआईटी को जांच करने में आसानी हुई है एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया नये वायुसेना अध्यक्ष होंगे

अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया था